न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता

चंबल प्रोग्रेस वे प्रदेश के उत्तरी अंचल में विकसित होने वाले चंबल प्रोग्रेस वे का नाम अटल बिहारी वाजपेई चंबल प्रोग्रेस वे होगा इसके अलावा भोपाल में एक भव्य और दिव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की प्ण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में की

इस दिन प्रतिवर्ष सुशासन से संबंधित कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर उन्हें आदरांजलि दी जाएगी इस अवसर पर स्वर्गीय वाजपेयी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा और आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रामकिशोर कावरे सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि चंबल प्रोग्रेस वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर करने की घोषणा कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनभावना का सम्मान किया है

यह राजमार्ग श्योपुर मुरैना और भिंड जिलों से होकर मध्य प्रदेश को उत्तरप्रदेश और राजस्थान से जोड़ेगा मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव और संदेश देने को कहा है

नमो एप फोरम या माईजीओवी पर भी सुझाव और संदेश भेजे जा सकते हैं

स्व सहायाता समूह आत्मनिर्भर भारत की तहत शाजापुर जिले में महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित माल लोकल से ग्लोबल होगा स्वाधीनता दिवस के मौके पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला शाजापुर में आजीविका मार्ट का शुभारंभ कलेक्टर दिनेश जैन ने किया इसमें स्व सहायता समूह द्वारा बनाई गई लोगों की जरूरत की विभिन्न सामग्रीयां है जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मिशा सिंह ने बताया कि जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह छोटी सी शुरूआत की गई है

मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में रूक रूकर बारिश हो रही है मौसम विभाग ने आज सिवनी मंडला बालाघाट अनूपपुर और डिंडोरी जिलों में भारी बारिश जबकि दमोह जबलपुर छिंदवाड़ा राजगढ़ गुना हरदा बैतूल देवास खंडवा और सीहोर में कहीं कहीं तेज बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है

मंडला जिले में भारी बारिश के चलते नदी नाले ऊफान पर आने से जनजीवन प्रभावित हुआ है वहीं जिले के कई गांवों का संपर्क टूट गया है

इस दौरान पौधारोपण करने के साथ ही आदिवासियों को कोरोना से बचाव को लकर जागरूक भी किया गया